मौसम विभाग ने कहा है कि चक्रवात वायु ने अपना रास्ता बदल लिया है और अब इसके गुजरात तट से टकराने की संभावना नहीं है

इसके मार्ग में हल्का बदलाव आया है लेकिन इसके प्रभाव से गुजरात तट पर तेज हवाए चलेंगी और भारी बारिश होगी मौसम विज्ञान विभाग के अतिरिक्त महानिदेशक देवेन्द्र प्रधान ने बताया कि चक्रवात समुद में रहेगा और गुजरात तट के किनार किनारे रहेगा इधर राजस्थान के मौसम में भी चक्रवात वायु के कारण बदलाव की संभावना है

इस बीच प्रदेश में कई जगह बारिश से तापमान में गिरावट हुई है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है टोंक में ब्रंदाबांदी हुई उधर चूरु बीकानेर झालावाड नागौर में आज भी तेज गर्मी रही

संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे

इससे पहले बुलाई गई इस बैठक का उद्देश्य संसद का कामकाज सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी दलों के साथ सहमति बनाना है वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में वित्त और पूंजी बाजार के प्रतिनिधियों से बजट पूर्व परामर्श किया बाद में वे बुनियादी ढांचा क्षेत्र और जलवाय परिवर्तन के विशेषज्ञों से भी मुलाकात करेंगी

भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों प्रदेश प्रभारियों और ेअध्यक्षों की आज नई दिल्ली में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया पार्टी के उपाध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान को सदस्यता अभियान का संयोजक नियुक्त किया गया है पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि जिन राज्यों में पार्टी का विस्तार नहीं हुआ है वहां सदस्यता अभियान पर विशेष ध्यान दिया जायेगा उन्होंने कहा कि चुनाव में भाजपा को जो प्रचंड जनमत मिला है उसके पीछे बूथ स्तर के करोड़ों कार्यकर्ताओं का हाथ है

प्रधानमंत्री ने देश के नागरिकों से इस कार्यक्रम के लिये अपने विचार भेजने को कहा है श्रोता अपने विचार सरकार के पोर्टल माई जीओवी ओपन फोरम पर भेज सकते है

तीन जून को हुई विमान दुर्घटना में शहीद वीर वायु सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए वायु सेना ने कहा कि वे दुख की इस घड़ी में उनके परिवारों के साथ है असम के जोरहाट से उड़ान भरने के बाद यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था

उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने इन सड़क विकास कार्यो की निविदाएं शीघ्र जारी करने के निर्देश दिए है ग्रामीण सड़कों के नवीनीकरण के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत प्रोत्साहन राशि स्वीकृति की जा चुकी है प्रदेश की विमिन्न ग्रामीण सड़कों के विकास कार्यों के पूरा हो जाने बाद ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को राहत मिलेगी तथा सुगम यातायात की सुविधा मिलेगी

इसके लिए भर्ती बोर्ड को निर्देश दिये गये हैं सहकारिता मंत्री उदय लाल आंजना ने बताया कि बैंकिंग सहायक बैंक प्रोबेशनरी अधिकारी शाखा प्रबन्धक प्रबन्धक के पदों पर भर्ती की जायेगी

उन्होंने कहा कि सहकारी दवाई की दुकानों के माध्यम से पेंशनरों और अन्य मरीजों को दवा देने की व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए ऑनलाइन सॉफ्वेयर और डेशबोर्ड के जरिए दवाएं बेची जायेंगी चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के औषधि नियंत्रण संगठन ने जयप्र में एक कंपनी पर छापा मारकर आयुर्वेदिक दवाइयों में एलोपैथिक दवाइयां मिलाने का बड़ा मामला पकड़ा है निर्माता फर्म के विरूद्व ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत बगरू थाने में मामला दर्ज करवाया गया है

श्रद्धाल् सुबह से ही मंदिरों में ठाकुर जी के दर्शन के लिये पहुंच रहे है

जगह जगह लोगों ने राहगीरों के लिये शीतल पेय पदार्थ के इंतजाम किये है नागौर में गौशालाओं में गायों को हरा चारा खिला गया

नियमित योगाभ्यास से शारीरिक रुप से चस्त दुरुस्त रहने के साथ ही मानसिक तौर से भी क्रियाशील और सेहतमंद रहा जा सकता है योग गुरु शेखर शर्मा ने बताया कि योग को दिनचर्या का हिस्सा बना लिया जाए तो कई बीमारियों से बचा जा सकता है उन्होंने बताया कि युवा योग का विधिवत कोर्स करके इसे रोजगार के रुप में भी अपना सकते हैं

भारतीय समयानुसार दोपहर तीन बजे मैदान का निरीक्षण होना था लेकिन दोबारा बारिश शुरु होने पर इसे टाल दिया गया बारिश के कारण आउटफील्ड काफी गीली है और इसे सुखने में समेय लगने की उम्मीद है पिछले दो दिन में भारी बारिश के बाद आज अपेक्षाकृत कम बारिश हुई लेकिन बादल छाए हुए हैं अगर मैच होता भी है तो इसमें ओवरों की संख्या घटाए जाने की उम्मीद है